इधर ं उच्च सदन राज्यसभा में दिल्ली में हिंसा के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी प्रदेश में चल रहे सघन मिशन इन्द्रधनुष टीकाकरण अभियान का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है

केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है इसके तहत बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के आंदोलन को और तेज किया जाएगा

राज्य स्तरीय कार्यक्रम का श्भारंभ आज जयपुर से हो रहा है

साथ ही मामले की उच्चस्तरीय जांच भी की जायेगी लिखित सहमति बनने के बाद धरनार्थियों ने शव उठाकर धरना समाप्त किया कल शाम न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यूवक के शव का पोस्टमार्टम हुआ आज अंतिम संस्कार किया जायेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देशभक्ति मानवता और साम्प्रदायिक सौहार्द से ओत प्रोत कवि प्रदीप की रचनाए नई पीढ़ी को सुनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उन्होंने कहा है कि इन कार्यक्रमो के माध्यम से आज के युवा जान सकेंगे कि देश को आजादी हासिल करने के लिए किन हालातों से गुजरना पड़ा था श्री गहलोत कल जोधपुर में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गीतकार कवि प्रदीप द्वारा लिखे गीतों पर आधारित कार्यक्रम ऐ मेरे वेतन के लोगो में उपस्थित श्रोताओं को सम्बोधित कर रहे थे इससे पहले श्री गहलोत ने कल जोधपुर के रातानाडा में भीकमदास परिहार और जगदीशसिंह परिहार के मूर्ति अनावरण समारोह में भी शिरकत की पाली जिले के सेंदडा थाना इलाके में कल देर रात एक ट्रक का पहिया निकल जाने से ट्रक में आग लग गई और ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई

इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए घायलों को नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया गया बूंदी में भी संतरे से भरा ट्रक पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई

इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है